नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किये जायेंगे

रंगों का पर्व होली आज पूरे प्रदेश में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया जा रहा है यह पर्व बूराई पर अच्छाई की जीत और बसन्त के आगमन का प्रतीक है सुबह से ही सड़कों पर युवाओं की टोली एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाकर होली का उत्सव मना रही है पूरा प्रदेश होली के राग और फाग के खुमार में डूब गया है जिला मुख्यालय से लेकर गांवों के हाट बाजारों में रंग और गुलाल की दुकानें भी सजी हैं अलग अलग रंग लोगों को आकर्षित कर रहे हैं होली के मौके पर विशेष रूप से गाया जाने वाला फाग गीत हर तरफ बज रहा हैं उधर रात में लोगों ने होलिका दहन किया राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को होली की बधाई और शुभकामनाएं दी है राज्यपाल श्री टंडन ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि होली त्योहार बसन्त का उत्सव है और हमारे बीच आपसी भाईचारा और आपसी सदभावना का प्रतीक है उन्होंने आशा व्यक्त की है कि रंगों का त्योहार हमारे परिवारों और समाज में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में कहा है कि असत्य अहंकार और पाखंड पर सत्य की विजय पर्व के रूप में होली का त्योहार हम मनाते आये हैं उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि होली का पर्व मनाते समय सद्भाव और भाईचारा हरहाल में कायम रखें इसके अलावा उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत राज्य मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों ने प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं होली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये है संवेदनशील जगहों पर पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है होली में असामाजिक तत्वों से निबटने के लिए प्रलिस तैयार है खासकर शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है प्रलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के प्रलिस अधीक्षकों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिये हैं पटना एयरपोर्ट समेत रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है इन जगहों पर गश्ती बढ़ा दी गयी है उधर प्रशासन ने राजनीतिक दलों से कहा है कि होली के मौके पर होने वाले किसी भी तरह के आयोजन के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति लेना अनिवार्य होगा बिना अनुमति के आयोजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जायेगा पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि राजधानी के सभी प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गयी है लगभग तीन सौ से अधिक मजिस्ट्रेट तेईस मार्च तक तैनात रहेंगे शराब और वाहनों की जांच के विशेष निर्देश दिये गये हैं होली पर किसी भी आपात स्थिति ने निबटने के लिए अस्पतालों और फायर ब्रिगेड को अलर्ट पर रखा गया है चूनाव आयोग ने होली के विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान राजनेताओं और राजनीतिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का अधिकारियों को निर्देश दिया है आयोग उन कार्यक्रमों पर विशेष रूप से नजर रख रहा है जहां राजनीतिक दल नेता पदाधिकारी या कार्यकर्ता की भूमिका होगी आयोग ने खास तौर पर झुग्गी बस्तियों अनधिकृत कॉलोनियों बड़े होटलों और फार्म हाउस जैसी जगहों पर आयोजित होने वाले होली मिलन कार्यक्रमों पर खुफिया टीमों की तैनाती की है होली के नाम पर अवैध शराब ड्रग्स पैसे हथियार या किसी अन्य तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर आयोग की कड़ी नजर है देश में पहली बार फेसबुक ट्यूटर गूगल और शेयरचैट समेत अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म आम चुनाव के दौरान किसी खबर या विज्ञापन पर नजर रखने के लिए प्रणाली विकसित करेंगे नियमों के उल्लंघन की घटनाओं की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किए जाएंगे निर्वाचन आयोग के साथ बैठक के बाद सोशल मीडिया माध्यमों ने स्वैच्छिक आचार संहिता तैयार की और राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणन सुनिश्चित करने पर सहमति व्यक्त की सोशल मीडिया के माध्यमों ने कहा है कि राजनीतिक विज्ञापन देने वालों को मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति से जारी प्रमाणपत्र देना होगा सोशल मीडिया माध्यमों तथा इंटरनेट और मोबाइल संघ ने नई दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को नैतिक आचार संहिता का दस्तावेज प्रस्तुत किया यह आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया माध्यमों के स्वतंत्र निष्पक्ष और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है भारतीय इंटरनेट और मोबाइल संगठन सोशल मीडिया और निर्वाचन आयोग के बीच समन्वय का काम करेगा महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे की घोषणा कल पटना में की जायेगी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच बातचीत के बाद महागठबंधन में लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर मामला सुलझ गया है तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सीटों को लेकर सारे मुद्दों को सुलझा लिया गया है इधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सीटों की घोषणा के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव को अधिकृत किया गया है उन्होंने ने कहा सभी घटक दलों के नेताओं की उपस्थिति में सीटों और उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जायेगी उधर एनडीए के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी कल होने की सम्भावना है होली और अन्य छ्ट्टी के कारण आज से चौबीस मार्च तक पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं किये जायेंगे प्राप्त जानकारी के अनुसार आज होली की और कल बिहार दिवस की छुट्टी है शनिवार और रविवार को भी नामांकन नहीं होगा गौरतलब है कि पहले चरण में औरंगाबाद गया नवादा और जमुई लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि पच्चीस मार्च है जबकि दूसरे चरण में किशनगंज कटिहार पूर्णियां भालगपुर और बांका लोकसभा सीट के लिए नामांकन की अंतिम तिथि छब्बीस मार्च है उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मीडिया को सलाह दी है कि वह राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट पेश करे ताकि चुनावों के दौरान मतदाता कामकाज के आधार पर अपने प्रतिनिधि को चयन करने में सक्षम हो सकें श्री नायडू ने नई दिल्ली में कहा कि यदि मीडिया राजनेताओं का रिपोर्ट कार्ड पेश करता है तो उसके आधार पर मतदाता राजनीतिक दलों से उनकी जिम्मेदारी के बारे में सवाल कर सकेंगे उन्होंने कहा कि मीडिया को आइने की तरह कार्य करना चाहिए जो वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता हो बिहार दिवस के मौके पर कल से चौबीस मार्च तक राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा मुख्य कार्यक्रम कल पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित होगा इसके अलावा जिला मुख्यालयों में भी बिहार दिवस के मौके पर अनेक सांस्कृति कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने घोषणा की है कि इस सत्र से दसवीं कक्षा के प्रमाण पत्र और मार्कशीट के लिए एक ही दस्तावेज जारी किया जायेगा सीबीएसई की आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नई व्यवस्था के अनुसार प्रमाण पत्र और अंक पत्र संयोजित होकर मिलेंगे सरकार ने सीबीएसई के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है हालांकि बारहवीं कक्षा में अंक पत्र और प्रमाण पत्र के लिए अलग अलग दस्तावेज जारी किये जायेंगे मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय को शामिल किया जायेगा इसके साथ ही स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों को बढ़ावा दिया जायेगा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार से पर्यावरण को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया है पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों की सुविधा के लिए चार विभागों में सुपर स्पेशिलिटी शुरू हो गयी है इसका उद्घाटन पीएमसीएच के प्राचार्य डॉक्टर रामजी प्रसाद सिंह और अधीक्षक राजीव रंजन प्रसाद ने किया शिवहर जिले में चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने नब्बे लीटर देशी शराब के साथ पांच तस्करों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार पूरे प्रदेश में उमंग और उत्साह के साथ मनाई जा रही है होली

नियमों के उल्लंघन की निगरानी के लिए विशेष दल गठित किये जायेंगे